केन्द्रीय भतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है इन योजनाओं में देश के कोने कोने में सड़कों का जाल बिछाना भी शामिल है

श्री गडकरी ने सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गो के लिए समूचित धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिससे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी

भूतल परिवहन मंत्री ने कहा कि लखनऊ से कानपुर को भी एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा जायेगा और वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग पर साठ रीवर पोत बनाये जायेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के कल्याण और सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश ने विगत डेढ़ वर्षो के दौरान सड़क विकास की दिशा में नई ऊँचाईयों को छुआ है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी तीस नवम्बर तक प्रदेश के सभी गन्ना किसानों के सम्पूर्ण मूल्य का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों को अब तक सैंतीस हजार करोड़ रूपय का भुगतान किया जा चुका है समारोह को स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी तथा फैजाबाद क सांसद लल्लू सिंह सहित कई नेताओं ने भी संबोधित किया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने धरती के बढ़ते तापमान के बारे में विस्तृत चेतावनी जारी की है पैनल के विशेषज्ञों ने तीन साल के अनुसंधान और वैज्ञानिकों तथा सरकार के बीच विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है

रिपोर्ट के अनुसार धरती के तापमान में औद्योगिक क्रांति के बाद के स्तर से डेढ़ डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि नहीं होनी चाहिए इसके लिए रिपोर्ट में सभी स्तरों पर तेजी से दूरगामी और अभूतपूर्व बदलाव लाने की बात कही गयी है

कच्चे तेल को कीमतों में बढोतरी और दुनिया के कठिन आर्थिक हालात को इसकी वजह बताया गया है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसूलजादा से मुलाकात की और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को स्वदेश रवाना होने से पहले श्री कोविंद संसद के निचले सदन के चेयरमैन शुकुरजोन जुहुरोफ से भी मिले और उनसे कई विषयों पर विचार विमर्श किया इससे पहले तजाकिस्तान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को उग्रवाद का मुकाबला आधुनिक समाज की चुनौतिया विषय पर सम्बोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि युवाओं को उग्रवाद की ओर जाने से राकने में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है शारदीय नवरात्र की श्रूआत कल से हो रही है इस बार शारदीय नवरात्र नौ दिनों तक जारी रहेगा राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के लगभग सभी नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं जगह जगह पूजा पंडाल बनाये जा रहे हैं जहां माँ दुर्गा क विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा कराकर विधि विधान से पूजा का सिलसिला शुरू होगा जौनपुर में शारदीय नवरात्र के सिलसिले में कई स्थानों पर कोलकाता से आये कारीगरों ने माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमायें बनाई है जिले के प्रसिद्ध देवी मंदिरों माँ शीतला मंदिर और माँ शारदा मेहर वाली मंदिर में नवरात्र के पहले दिन से ही राम नवमी तक श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है उधर मिर्जापुर ज़िले का विश्व प्रसिद्ध विन्ध्याचल शारदीय नवरात्र मेला आज आधी रात से शुरू हो रहा है इस सिलसिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

मेले मे हिस्सा लेने के लिये श्रद्वालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है श्रद्धालुओं को विन्ध्याचल पहुंचाने के लिये के उत्तर रेलवे ने विन्ध्याचल रेलवे रूटेशन पर आधा दर्जन अतिरिक्त टेनों के ठहराव की व्यवस्था की है

विन्ध्याचल मे आज से ही बड़े वाहनो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं सम्पूर्ण मेला क्षेत्र की सुरक्षा के लिये ढाई हजार से भी अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ पीएसी जल पुलिस घड़सवार पुलिस बम डिस्पोजल दस्ता होमगार्ड स्काउट गाइड तैनात किये गये हैं मेला क्षेत्र मे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिये ड्रोन कमर व सी सी टीवी की मदद ली जायेगी एसएमसबा आकाशवाणी समाचार मिर्जापुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर युवाओं और बच्चों में गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों में चेतना पैदा करने के उद्देश्य से पर्वतारोही बछेन्द्रीपाल आज सुबह बिजनौर स्थित गंगा बैराज पहुंची वह हरिद्वार से पटना तक राफ्टिंग करते हुए नमामि गंगे स्वच्छ गंगे अभियान पर निकली हैं इस अभियान में उनके साथ कई पर्वतारोही और इंजीनियर सहित चालीस लोग शामिल हैं